एक्टिव मामलों में आई कमी समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी में प्रदेश ने बनाया ऑलटाइम रिकॉर्ड

इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट लॉकडाउन और भारत के अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां संक्रमितों का जीवन बच रहा है

जबलपुर में आज एक व्यक्ति की रिपोर्ट पाजिटिव आई जिससे संक्रमितों की संख्या तीन सौ अठारह हो गई देवास में आज सुबह आई रिपोर्ट में तीन नये मरीजों का पता चला है नरसिंहपुर पहुंचे केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने देश में कोरोना को लेकर कहा कि भारत के हालात दुनिया से बेहतर हैं

शाजापुर के लालपुरा क्षेत्र में कल एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है उधर गुना से अच्छी खबर है जहां तीन कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ्य होने पर आज छुट्टी दी गई

अशोकनगर से भी अच्छी खबर है जिला दूसरी बार फिर कोरोना मुक्त हो गया है

सीधी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर ने राज्य शासन द्वारा तय किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है

इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग

मंत्रालय ने बताया कि लोगों को योग के सामान्य नियमों के अनुरूप योगासनों की तैयारी करने चाहिए आयुष मंत्रालय और प्रसार भारती मिलकर डीडी भारतीय पर प्रतिदिन योग की सामान्य क्रियाओं का प्रतिदिन प्रसारण आयोजित कर रहे हैं यह सत्र सवेरे सात बजे से साढ़े आठ बजे तक प्रसारित होता है आधे घंटे के सत्र में योगासनों के प्रमुख बिन्दुओं की जानकारी दी जाती है सीमा तनाव सेना ने कहा है कि लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया जारी है लेकिन इसी दौरान झड़पों में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं सेना ने कहा है कि स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठज सैन्यस अधिकारी इस समय बातचीत कर रहे हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टरर एस जयशंकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टााफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की इसके बाद उन्होंनने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस बारे में जानकारी दी

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

गेहूँ की यह मात्रा पूरे देश में किसी राज्य द्वारा अब तक की गई खरीदी का ऑलटाइम रिकार्ड है

इसकी उत्तरी सीमा इंदौर रायसेन और छतरपुर से होकर गुजर रही है राजधानी भोपाल में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई सीहोर जिले में भी मॉनसून की आमद हो गई हे पिछले तीन दिनों से यहां शाम के समय बारिश हो रही है